शुरुआत कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 सड़क उद्घाटन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतिन गड़करी आज झारखंड को इक्कीस सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे वे लगभग दो हजार चार सौ तैंतीस करोड़ की लागत से निर्मित सात सड़क परियोजनाओं का उदघाटन करेंगे वहीं सात सौ चौवन करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली चौदह सड़क परियोजनाओं की नींव रखेंगे वे जिन योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे उनमें घाघरा गुमला हाटगम्हरिया जैंतगढ़ महलिया बहरागोड़ा बीजुपाड़ा कड़ फोरलेन रांची के कचहरी चौक से पिस्का मोड़ बिजुपाड़ा फोरलेन बरही हजारीबाग फोरलेन और पिस्का मोड़ पालम फोरलेन सड़क शामिल है वहीं कोलेबिरा सिमडेगा और सिमडेगा बांसजोर सड़क का मजबूतीकरण एनएच तेइस पर चिंदनाला और स्थानीय नाला पर पुल निर्माण एनएच निन्यान्बे पर चंदवा में रेल ओवरब्रिज कुड्र घाघरा दू लेन का चौड़ीकरण एनएच एक सौ चौदह ए पर दो तथा एनएच चार सौ उन्नीस पर एक पुल का निर्माण गढ़वा में अन्नराज घाटी के घुमावदार सड़क में सुधार के अलावा कुछ और सड़कों के मजबूतीकरण चौड़ीकरण और अन्य कार्य का शिलान्यास होगा मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन भी ऑनलाइन उद्घाटन में मौजूद रहेंगे

पिछले चौबीस घंटे के दौरान छह सौ चौरान्बे नए मरीज मिले हैं जबकि एक सौ सैंतीस लोगों ने कोरोना को मात दी बीते एक दिन में सबसे ज्यादा रांची से तीन सौ अड़सठ और पूर्वी सिंहभूम से तिरान्बे संक्रमित मिले हैं

इस तरह संक्रमितों संख्या में लगभग छह गुना बढ़ोत्तरी हुई है अबतक पूरे राज्य में एक लाख पच्चीस हजार पांच सौ पच्चीस मामले सामने आ चुके हैं इनमें एक लाख बीस हजार पांच सौ बासठ लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक हजार एक सौ पंद्रह लोगों की मौत इस महामारी से हो चुकी है वहीं फिल्हाल सक्रिय मामलों की कुल संख्या तीन हजार नौ सौ आठ हो चुकी है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी घटकर छियानबे प्रतिशत हो गई है

तीन दिन पहले संक्रमित होने पर उन्हें इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एसएनएमसीएच में भर्ती कराया था इस जिले में लगभग तीन महीने के बाद किसी की मौत कोरोना की वजह से हुई है

इसके तहत मास्क लगाने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना है केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल झारखंड समेत विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों पुलिस महानिदेशक और स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की उन्होंने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वे कोविड नमूनों के परीक्षण बढ़ाएं संक्रमण की श्रंखला को तोड़ने के लिए कन्टेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की भी सलाह दी गई है बैठक में राज्यों से प्रत्येक अस्पताल में मृत्यु दर की जांच करने उचित रणनीति तैयार करने और अस्पतालों में देर से प्रवेश तथा राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन दिशा निर्देशों का पालन करने के बारे में विचार किया गया राज्यों को सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा संसाधनों को मजबूत बनाने की भी सलाह दी गई बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि दवाई भी कड़ाई भी संदेश सभी मीडिया तथा अन्य मंचों के माध्यम से प्रभावी ढंग से और व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए

जिन छात्रों के पाठ्यक्रम में कटौती की गई वे इस साल मई जून में परीक्षा देंगे डीवीसी दामोदर घाटी निगम डीवीसी ने पिछले वित्तीय वर्ष में अड़तीस बिलियन यूनिट से ज्यादा बिजली उत्पादन कर नया रिकॉर्ड बनाया है धनबाद जिले के मैथन में स्थित डीवीसी प्लांट के सीपीआरओ देवशंकरसहाय ने बताया कि अपनी स्थापना के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में इतना बिजली उत्पादन नहीं हुआ था इसके अलावा डीवीसी ने वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में प्लांटों की उत्पादन क्षमता इक्यान्बे प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा ली है डीवीसी के अध्यक्ष रामनरेश सिंह ने रिकॉर्ड बिजली उत्पादन के लिए सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है

इससे मरीजों को इलाज कराने में काफी सहूलियत होगी

इस योजना के लिए राज्यभर में छह हजार एक सौ पैंसठ गांव चयनित किए गए हैं इन गांवों में दूषित पानी की निकासी की बेहतर व्यवस्था की जाएगी नालियों का निर्माण किया जाएगा और तालाबों के पानी से कचरा साफ किया जाएगा योजना के तहत ग्रामीणों को अपने घरों में किचन गार्डन बनाने के लिए प्रेरित करने का अभियान भी चलाया जाएगा पन्द्रहवें वित्त आयोग की राशि और मनरेगा से इस योजना का संचालन होगा

दो सौ छियालीस मीटर लंबे इस पुल के निमाण पर लगभग नौ करोड़ रुपए खर्च होंगे इस पुल के बन जाने से गढ़वा और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर तथा रामचंद्रपुर के बीच की दूरी कम हो जाएगी

नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विद्यार्थियों को उनके आवास पर पुस्तक पहुंचाया जाएगा

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने टवीट में कहा कि ये रेलगाड़ियां यात्रियों को सुरक्षित और आरामदेह यात्रा सुनिश्चित करेंगी इधर गोड्डा रेलवे स्टेशन भी आठ अप्रैल से रेलवे के मानचित्र में आ जाएगा इस दिन इस स्टेशन से पहली ट्रेन गोड्डा नयी दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होगा सांसद निशिकांत दूबे इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे इस सिलसिले में नवनिर्मित स्टेशन में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है उधर सात अप्रैल से रांची हटिया स्पेशल ट्रेन का प्रतिदिन परिचालन होगा रेलवे ने इस ट्रेन के परिचालन की अवधि तीस जून तक बढ़ा दी है खेलकूद मध्यप्रदेश के इंदौर में चल रही उनचासवीं सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में कल उत्तराखंड को पराजित कर झारखंड की टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है वहीं हरियाणा में चल रहे राष्ट्रीय कोर्फबॉल प्रतियोगिता में जूनियर मिक्स वर्ग में उत्तरप्रदेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है आज झारखंड का मुकाबला महाराष्ट्र से होगा

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन समेत बड़ी संख्या में लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया है

राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड समेत पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रही वृद्धि से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दर में की गई वृद्धि और जेपीएससी द्वारा सिविल सेवा बैकलॉक प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित करने की खबर को पहले पन्ने पर छापा है वहीं हिन्दुस्तान ने पंद्रहवें वित्त आयोग से नगर निकायों को दो सौ बेरासी करोड़ रुपए दिए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने रांची आने जाने वाले हर विमान यात्री की एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने रामगढ़ जिले में पुलिस के सामने ही एक युवक द्वारा अपने शरीर में आग लगाने लेने की खबर को पहले पन्ने की लीड बनाई है